कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया इस वर्ष अठहत्तर दशमलव एक सात फीसदी छात्र उत्तीर्ण हुए हैं सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई की पूजा कुमारी और शुभदर्शिनी तथा बलदेव हाई स्कूल दिनारा रोहतास के संदीप कुमार ने संयुक्त रूप से टॉप किया है इन तीनों ने समान रूप से चार सौ चौरासी चार सौ चौरासी अंक प्राप्त किये हैं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नतीजे जारी किये श्री चौधरी ने सफल छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की

छात्र अपना परिणाम बोर्ड की वेबसाइट ऑनलाईन बीएसईबी डॉट इन और बिहार बोर्ड ऑनलाईन डॉट जीओवी डॉट इन पर देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक परिणाम में इस वर्ष हुई लड़कियों ने बाजी मारी है संयुक्त रूप से तीन टॉपरों में से दो छात्राएं हैं वहीं प्रथम दस टॉपरों में सात छात्राएं हैं संयुक्त रूप से टॉप स्थान पाने वाली सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई की छात्रा और पूर्वी चंपारण मोतिहारी की रहने वाली पूजा कुमारी ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए कहा कि कड़ी मेहनत और माता पिता के आर्शीवाद से सफलता मिली है

इस अभियान में सभी को मास्क पहनने व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा यह विशेष अभियान इस माह की चौदह तारीख तक चलेगा कल हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि कोविड से निपटने में समाज को जागरूक बनाने में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है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 पिछले चौबीस घंटों के दौरान आठ सौ चौंसठ नये मामलों की पुष्टि हुई सबसे अधिक तीन सौ बहत्तर मामले पटना से सामने आये हैं वहीं जहानाबाद से साठ भागलपुर से छियालीस मुजफ्फरपुर से चौंतीस मुंगेर और वैशाली से पच्चीस पच्चीस पश्चिम चम्पारण से तेईस बेगूसराय से उन्नीस तथा सुपौल से सोलह मामलों की पुष्टि हुई है प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर तीन हजार पांच सौ साठ हो गयी है पटना में अभी एक हजार पांच सौ उनचास लोगों का उपचार चल रहा है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक दिन में दो सौ पैंतालीस मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दी गयी प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर अंठानवे दशमलव शून्य आठ प्रतिशत है प्रदेश में अब तक चौंतीस लाख छियानवे हजार आठ सौ छत्तीस लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये गये हैं कल सैंतालीस हजार आठ सौ पचहत्तर लोगों का टीकाकरण हुआ अब तक दिये गये कुल टीकों में से तीस लाख तीस हजार आठ सौ नब्बे लोगों को पहली डोज जबकि चार लाख पैंसठ हजार नौ सौ छियालीस लोगों को दूसरी डोज दी गयी है देश में अब तक सात करोड़ इक्यानवे लाख पांच हजार से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान सोलह लाख अड़तीस हजार से अधिक लोगों को टीका लगाया गया देश में कोविड से ठीक होने की दर बानवे दशमलव आठ शून्य प्रतिशत है प्राप्त जानकारी के अनुसार देश में अब कुल सक्रिय मामलों की संख्या सात लाख इकतालीस हजार से अधिक है स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ मनोज कुमार ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में कहा कि अपने और अपने आसपास के लोगों के बचाव के लिए एहतियात बरतना जरूरी है साउंड बाईट साथ में रहने वालों का भी नुकसान है तो मेरा ये कहना है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपने बचाव के लिए और जैसे आपको कृष्ठ भी लक्षण दिखते हैं और कोविड पॉजिटिव होते हैं तो तूरंत डॉक्टरी सलाह के साथ आपको अपने आपको क्वारटाईन करना चाहिए नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और युवाओं को कम से कम घर से बाहर निकलने की सलाह दी है

पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर रेलवे ने कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है उन्होंने बताया कि केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेल परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी साथ ही सभी रेलवे स्टेशनों पर सेनेटाईजेशन और सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर आठ अप्रैल को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक करेंगे बैठक में देश के कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों की स्थिति और इससे बचाव के उपायों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी इसमें टीकाकरण अभियान को और प्रभावी बनाने के लिये किये जाने वाले आवश्यक उपायों पर भी चर्चा होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात अप्रैल को शाम सात बजे परिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को दौरान छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे इस वर्ष कोविड महामारी के कारण बातचीत को वर्च्यअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा आज एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चर्चा एक नए प्रारूप में होगी जिसमें कई रोचक विषयों पर सवाल होंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री स्कूली छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे और परीक्षा के दबाव से निपटने के उपाय सुझाएंगे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को अपने दिल के काफी करीब बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वे यह जान पाते हैं कि युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है श्री मोदी ने कहा कि वे परिवार के सदस्य के रूप में परीक्षा संबंधी दबाव से उबरने में छात्रों की मदद करना चाहते हैं

इसका मकसद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं के लिए तनावमुक्त वातावरण का निर्माण करना है यह एक बहप्रतीक्षित वार्षिक आयोजन है जहां प्रधानमंत्री स्कली छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत कर परीक्षा से जुडे तनाव से संबंधित सवालों के जवाब देंगे माई गाव के जरिये पुछे जाने वाले प्रश्नो को आमंत्रित किया गया था और चयनित प्रश्नों को कायक्रम में शामिल किया जायेगा देश मर के स्कूली छात्रों शिक्षकी और अभिमावकों को एक ऑन लाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया है जिसे माई गॉव मंच पर डिंजाइन किया गया था प्रतियोगिता में छात्रों अभिभावकों और शिक्षकों के लिए अलग अलग विषय निर्धारित किये गए थे विजेताओं में से एक छोटे समूह को प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने का अवसर भी मिलेगा

नवादा जिले के नगर थाना अंतर्गत खरीदी बिगहा में पिछले दिनों सोलह लोगों की मौत जहरीली शराब पीने के कारण हुई है पुलिस अधीक्षक सयाली धुरत ने इस मामले का खुलासा करते हुए आज कहा कि सघन जांच से स्पष्ट हो गया है कि इन मौतों का कारण जहरीली शराब है पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस मामले में पांच लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है अन्य फरार लोगों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है उन्होंने कहा कि जांच में यदि अन्य पुलिस अधिकारियों की संदिग्ध गतिविधियां सामने आती हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी इधर नवादा जिले के रजौली थाना अंतर्गत समेकित जांच चौकी के पास पूलिस ने दो ट्रकों से शराब बनाने में प्रयोग की जाने वाली पच्चीस लाख रूपये मूल्य की स्प्रीट बरामद की है कृतज्ञ राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व उप प्रधानमंत्री बाब्र जगजीवन राम को उनकी जयंती पर याद कर रहा है बाबू जगजीवन राम उन महान नेताओं में से एक हैं जिन्होंने गरीबों और समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया था

वे श्रम मंत्री के रूप में केविनेट मंत्री बने

जिसके परिणाम स्वरूप बंगलादेश का निर्माण हुआ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाबू जगजीवन राम की स्मृतियों को नमन किया है श्री मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बाबू जगजीवन राम सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर थे उन्होंने कहा कि सामाजिक रूप से शोषित और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए जगजीवन बाब् का प्रयास हमेशा सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेक संवाद बाबू जगजीवन राम के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की पटना स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में बाबू जी की जयंती पर आयोजित सभा में विभिन्न नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में मौसम श्रष्क बना हुआ है वहीं राज्य के अधिकतर भागों में पूरबा हवा के प्रभाव से तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गयी है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है

इधर जिले के हिलसा थाना क्षेत्र अंतर्गत लालबिगहा गांव में एक महिला की हत्या कर दी गयी पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया में विश्व स्वपरायणता जागरूकता दिवस के अवसर पर दिव्यांग बच्चों के लिये चित्रकला तथा निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया सहरसा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने आगामी पंचायत चुनाव को स्वच्छ निष्पक्ष और भयमुक्त बनाने के लिये आठ असामाजिक तत्वों को थाना बदर करने का आदेश दिया है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा का परिणाम घोषित